यहां डिस्चार्ज हो रहे मरीजों को अस्पताल की ओर से व्यक्तिगत सुरक्षा किट दी गई तथा उन्हें होम कोरेनटाइन में रहने की सलाह दी गई सतना जिले में नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिये जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं साथ ही राज्य स्तर द्वारा जारी किये गये सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है

शहडोल जिले में अब कोरोना संक्रमण की एक बार की निःशुल्क जांच होगी अगर कोई मरीज दोबारा जांच कराता है तो उसे इस जांच दो हजार रुपये शुल्क देना होगा शासन की नई गाईडलाईन के अनुसार अक्टूबर माह से यह व्यवस्था जिले के सभी फीवर क्लीनिक एवं मेडिकल कॉलेज में लागू कर दी गई है

उधर छिन्दवाड़ा जिले में अब दुकानें बाजार मॉल अपने निर्धारित समय तक खुले रह सकेंगे किंतु फेस मास्क सोशल डिस्टेंसिंग सेनेटाईजेशन और थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा जन आंदोलन अपील कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किये गये जन आंदोलन को व्यापक समर्थन मिल रहा है और समाज में जागरूकता के लिए प्रयास तेज हो गये है

इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने उपचुनावों को राज्य के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण बताते हए कहा कि जनता इन चुनावों में भाजपा को करारा जवाब देगी

उधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने वचन पत्र पर प्रतिकिया व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने मूल वचन पत्र का एक भी वादा पूरा नहीं किया है और अब एक और पूरक वचनपत्र ले आई है ताकि एक बार फिर से जनता की आंखों में धूल झोंकी जा सके

इसलिए वह किसी भी तरह कांग्रेस और कमलनाथ के झांसे में आने वाली नहीं है भिण्ड कारतूस विधानसभा उप चुनावों के दौरान भिण्ड में हिंसक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिये अनूठी पहल की गई है यहां अब हर कारतूस पर क्यू आर कोड होगा जिससे उस कारतूस की पहचान में आसानी होगी यह प्रयोग देश में पहली बार किया जा रहा है क्यू आर कोड में खरीदार का नाम लायसेंस नम्बर और अन्य जानकारियां दर्ज होगी

भिण्ड के पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने बताया कि उन्होंने दो साल तक रिसर्च के बाद यह व्यवस्था लागू की है

उधर इटारसी लाइन क्षेत्र में श्री आध्यात्मिक उत्थान रामायण मंडल द्र्गा उत्सव समिति ने देवी प्रतिमा स्थापना पर होने वाला खर्च को जरूरतमंद परिवारों में कन्या विवाह के समय देने का निर्णय लिया है प्रदेश के अन्य जिलों से भी दुर्गापूजा को उत्साह के साथ मनाने के समाचार मिले हैं

लॉकडाउन ने उनकी इस उपलब्धि में खूब सहायता की क्योंकि इससे उन्हें परीक्षा की तैयारी के लिए अधिक समय मिल सका पत्रकारों से बातचीत में शोएब आफ़ताब ने बताया कि लॉकडाउन को उन्होंने अपनी तैयारियों के एक अवसर के रूप में इस्तेमाल किया और बिना रूके अपनी पढाई जारी रखी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

अस्पताल की बैंक गारंटी भी जब्त करने के निर्देश दिए गये हैं

नमस्कार